वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु कर रहे हैं पवित्र नदियों में स्नान

प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट में कहा गया है कि जिनोवा वायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी वैक्सीन टीमों के प्रतिनिधि श्री मोदी के साथ बातचीत में शामिल होंगे इससे पहले श्री मोदी शनिवार को तीन वैक्सीन के निर्माण में भागीदार तीन इकाइयों में भी गए थे और उनके कार्य की प्रगति की जानकारी ली प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जायेंगे और विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में शामिल होंगे इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसंभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना और सारनाथ पुरातत्विक स्थलों का दौरा करेंगे

न्यायमूर्ति रविन्द्र भट्ट ने मध्यप्रदेश में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा कोविड के दौरान बच्चों को परामर्श के माध्यम से मानसिक रूप से स्वस्थ रखने प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने तथा उनकी रचनात्मकता में वृद्धि के प्रयासों को सराहा है सर्वोच्च न्यायालय ने यह सराहना हाल ही में इस विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित दो दिवसीय बैठक के दौरान की

मुख्यमंत्री ने बताया कि जहा पहले जहा पहले एक हजार आठ सौ संकमण के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे वहीं अब यह संख्या प्रतिदिन डेढ़ हजार से कम हो गई है उन्होंने इंदौर और भोपाल में विशेष सावधानी बरतने पर बल दिया उन्होंने कहा इन दो जिलों में ही कंटेनमेण्ट जोन बनाये गये हैं श्री चौहान ने कोरोना कमाण्ड कंट्रोल सेंटर को और सक्षम बनाने के निर्देश दिये प्रदेश में कोरोना के कल एक हजार पांच सौ चौदह मामले सामने आये वहीं डेढ़ हजार से ज्यादा लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए

करीब सैतीस हजार मरीज बीमारी से उबर चुके हैं

यह सप्लाई सप्ताह की पालियों में दी जाएगी

उन्होंने कल सीहोर जिले के शाहगंज पहंचकर किसानों से सीधे संवाद में कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में लगातार कार्य किये जा रहे है और इनको निरंतर बनाये रखा जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिये चलाई जा रही योजनाओं के लिये धन की कमी नहीं ैआने दी जाएगी

साथ ही वृद्धों बच्चों महिलाओं और विद्यार्थियों के लिये संचालित योजनाओं में सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा उन्होंने माफिया तत्वों को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जायेगा प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी आज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं बौदध अनुयायियों के तीर्थ स्थल सांची में चैत्यगिरी बिहार वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए उन्होंने भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपूत्र और महामोदग्लायन के पवित्र अस्थि कलश का पूजन किया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने इस अवसर पर देश प्रदेश की उन्नति विकास एवं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना की स्तूप परिसर स्थित मंदिर में श्रीलंका महाबोधी सोसायटी के श्री भंते और उनके शिष्यों द्वारा महात्मा बुद्ध के शिष्य महामोदग्लायन एवं सारिपुत्र की पवित्र अस्थियों के कलश पूजा कर दर्शन के लिए रखा गया था नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ग्वालियर और चम्बल संभागों में विकासकार्यों को गति दी जा रही है गृह मंत्री ने दतिया की ग्राम पंचायत गोविंदपुर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं से जनता को अवगत कराया और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति भी जानी उन्होंने कहा कि दतिया में उन्होंने जो वादे किये थे उनको पूरा किया जा रहा है और क्षेत्र में किये जा रहे विकासकार्यों का लाभ ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की जनता को भी प्राप्त हो रहा हैं

जन आंदोलन सुप्रसिद्ध शायर मंजूर एहतेशाम ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

इस अवसर पर प्रदेश की नर्मदा सहित विभिन्न नदियों में लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है महिलायें सुख समृद्धि की कामना के साथ सिवना नदी में दीपदान करती हैं हालांकि कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मेला इस बार नही लगा है लेकिन प्रशासन द्वारा सिवना नदी में श्रद्वालुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस नौका तैनात की गई है और घाटों की साफ सफाई को गई है जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पर श्रद्वालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की

उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से चर्चा कर उनके शीघ स्वास्थ्यलाभ की कामना की